मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा नागरिकता संशोधन कानून किसी व्यक्ति जाति मत मजहब के खिलाफ नहीं प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष संक्षिप्त सत्र आज किया गया आहूत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यू पी टी ई टी आगामी आठ जनवरी को आयोजित की जायेगी प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड और घने कोहरे से बढ़ी लोगों की मुश्किलें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से हैशटैग इण्डिया सपोर्ट्स सी ए ए का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कल एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू जग्गी वासुदेव का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें सदगुरू ने इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है मेरे ख्याल से नागरिकता संशोधन कानून लाने में बहुत देर की गई है और जानवूझकर किसी ने अत्यसंख्यकों को संदेश भेजकर आशंका प्रकट की है कि उनकी नागरिकता खतरे में है पिछले एक हफ्ते से ये झूठ फैलाया जा रहा है लेकिन ये कानून सिर्फ धार्मिक प्रताड़ना पर ही केन्द्रित है अगर आप इस कानून के जरिये आर्थिक सुअवसरों को देख रह है तो आप इसके अंतर्गत नहीं आते है और अगर आप आना चाहते है तो उसके लिए एक अलग चौनल है कोई भी व्यक्ति कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है पिछले दो वर्षों के दौरान देश में पेड़ और वन क्षेत्र में लगभग पांच हजार एक सौ अट्ठासी वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है इसके साथ ही देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर लगभग पच्चीस प्रतिशत हो गया है कल नई दिल्ली में वर्ष दो हजार उन्नीस के लिए भारत में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत कुछ ऐसे गिनेवुने देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले दो वर्षो में देश के कार्बन भण्डार में चार करोड़ बीस लाख टन से अधिक का इजाफा हुआ है और भारत पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर अग्रसर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है श्री योगी ने हैग्रटैग इंडिया सपोर्ट्स सी ए ए का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया कि यह कानून किसी व्यक्ति जाति मत मजहब के खिलाफ नहीं है श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में झूठ और भ्रम पैदा कर अशांति फैलाने वाले बेनकाब हो गए हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह नागरिकता छीनने वाला कानून है लेकिन अब लोग सचेत हो गए हैं श्री योगी ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए लाए गए इस कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश ट्विवेदी ने कहा कि विपक्षी दल नागरिक संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं श्री ट्विवेदी कल हरदोई में पत्रकारों को संबेधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है नागरिकता लेने वाला नहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जायेगी श्री शुक्ला कल प्रतापगढ़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे प्रदेश विधान मंडल का एक दिवसीय विशेष संक्षिप्त सत्र आज आहत किया गया है आधिकारिक सुत्रों के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसुचित जाति और अनुसुचित जन जाति के आरक्षण को दस साल बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन विषेयक के समर्थन के लिए यह सत्र बुलाया गया है इस विधेयक को संसद में पारित किया गया था लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अगले वर्ष पच्चीस जनवरी को समाप्त होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकृट में जगत ग्रू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के क्लाधिपति जगत ग्रू रामभद्राचार्य को साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत किया मुख्यमंत्री यहां दिव्यांग विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में उपश्थित थे सम्मान में जगत गुरू रामभद्राचार्य को दो लाख रूपये की सम्मान राशि तथा अलंकरण पत्र और अंग वस्त्र प्रदान किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नौ सौ तेईस छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए रामभद्राचार्य का अभिनंदन और स्वागत हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यू पी टी ई टी की नई तिथि घोषित कर दी गयी है अब यह परीक्षा आगामी आठ जनवरी को कराई जायेगी पहले यह परीक्षा इस महीने की बाईस तारीख को आयोजित की जानी थी प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों को देखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई थी आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचारों की श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय मुस्लिम सहित देश के किसी भी धर्म के नागरिक पर यह कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होगा हमारे देश में सभी भारतीय नागरिकों को मुलाधिकार मिला हुआ है जिसकी गारन्दी भारतीय संविधान ने दी है इस कानून का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वांचित करना नहीं है सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है वे सैन्य मामलों में सरकार के प्रघान सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन संशोधित नियम के तहत वे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ के पद पर पैंसठ वर्ष की आयु तक बने रहेंगे हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए केन्द्रीय कैबिनेट ने चार स्टार जनरल के रैंक में चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ का पद सृजित किया था जिसे सेना प्रमुख के समकक्ष वेतन और सुक्रियाएं प्रदान की जाएंगी सीडीएस रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामले विभाग के प्रमुख भी होंगे इस विभाग का अध्यक्ष होने के अलावा सीडीएस सैन्य प्रमुखों की स्टाफ समिति के स्थाई अध्यक्ष भी होंगे सी आर पी एफ ने कहा कि लखनऊ में हाल की घटना के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हई है सी आर पी एफ प्रियंका गांधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत सशस्त्र कमांडो उपलब्ध कराती है एक बयान में सुरक्षा एर्जेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने बिना किसी सूचना के अनिर्धारित रास्ता चुना जिस पर पहले से सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किये गये थे

घने कोहरे से राज्य में रेल सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है प्रदेश के कई भाग आज सवेरे से ही कोहरे की चपेट में हैं प्रदेश में सोनभद्र स्थित चुर्क राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान शुन्य दशमलव आठ डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया मुजफ्फरनगर में तापमान एक दशमलव चार कानप्र में एक दशमलव छह और आगरा में एक दशमलव नौ डिग्री सेंटीग्रेड रहा